उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर अपेक्षा से देख रही है और दुनिया चाहती है कि भारत अब उसका नेतृत्व करें आज नई दिल्ली में देशभर के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े पेशेवरों और उद्योग प्रमुखों के साथ संवाद कार्यकम में श्री मोदी ने युवाओं का आहवान किया कि हमें दुनिया की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा श्री मोदी ने कहा कि वे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं लेकिन जो सूचनाए उन्हें परोसी जाती है वे उनके शिकार नहीं हैं श्री मोदी ने इस अवसर पर मैं नहीं हम पोर्टल भी लॉच किया यह पोर्टल सेल्फ फॉर सोसायटी की थीम पर काम करेगा जो आईटी क्षेत्र से जुडे समाज सेवा के प्रयासों को एक मंच पर लाने का काम करेगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज ट्वीटर पर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को उनकी विशिष्ठ आर्थिक नीतियों भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि तथा विश्व शांति मानव विकास में सुधार और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदानके लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गयाहै सोल शांति पुरस्कार सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ने आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में यह घोषणा की

मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में चल रहे कार्यों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित करने की भी मंजूरी दे दी मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे बेनामी लेनदेन रोकथाम अधिनियम के तहत फैसला लेने वाले और अपीलीय प्राधिकरण बनाने को भी स्वीकृ ति दी गई है श्री प्रसाद ने बताया कि देश के चार शहरों में जन भागीदारी के सिद्वान्त के आधार पर भारतीय कौशल विकास संस्थान बनाये जायेंगे छह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में निदेशक के पद के सुजन की भी मंजूरी दी गई है

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सी बी आई के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगना असाधारण स्थिति है श्री जेटली ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सी बी आई की संस्थागत ईमानदारी बनाये रखने के लिए दोनों अधिकारी अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सी बी आई की संस्थागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता बहाल करना है

राजस्थान के दो दिन के दौरे के तहत आज झालावाड़ में जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री गांधी ने राज्य सरकार को किसान और बेरोजगारों के खिलाफ बताया उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति बदहाल है

झालावाड़ के बाद श्री गांधी ने झालरापाटन और मंडाना में भी जनसभाओं को सम्बोधित किया झालावाड़ से कोटा की सड़क यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर श्री गांधी का स्वागत किया झालरापाटन में हुई जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा विकास के दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती इसलिए वह जनता को गुमराह कर रही है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं

आज जयपूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रवक्ता सुधांश त्रिवेदी ने कहा कि इन अध्यापकों की नियुक्ति की प्रकिया फरवरी में शुरू हुई थी कांग्रेस इसे तकनीकी और विधिक मामलों में उलझाना चाहती है

भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालयों पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया द्रसरी ओर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं रोजगार दिए जाने में कभी भी कोंग्रेस ने अड़चन पैदा नहीं की उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन चयनित अध्यापकों को नियुक्ति देना चाहती है तो वह निर्वाचन विभाग की निगरानी में यह कार्य करें गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर आचारसंहिता के दौरान इन शिक्षकों की नियुक्तियां रोकने की मांग की है

प्रतापगढ में आज मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन हुई जिसे जिला कलेक्टर ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

झालावाड़ में अधिकारियों को सी विजिल एप का प्रशिक्षण किया गया उधर बाड़मेर जिले के बालोतरा में आज मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने फ़्लैग मार्च किया

उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर और किसान के हितों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहा है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राजस्थान में तीसरे मोर्च का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है

अब मंडल के फैसलों पर संबंधित सदस्य के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस प्रणाली के शुरू होने के बाद पक्षकार को घर बैठे ही फैसले की प्रति मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगी

बूंदी में खेत में काम करते समय सांप के काटने से एक किसान की मौत हो गई